मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पचहत्तर जिलों के अस्पतालों और छह मेडिकल कॉलेजों में ट्रू नेट मशीनों का उद्घाटन किया कोविड नाइन्टीन की जांच में आएगी तेजी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा जुलाई दो हजार सत्रह से जनवरी दो हजार बीस के बीच शुन्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कम्पनियों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक सात हजार छह सौ नौ लोग स्वस्थ हुए चार हजार छह सौ यालीस का चल रहा है इलाज

उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्य की गति को बढ़ाया जाए ताकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रभावित गतिविधियों की भरपाई की जा सके लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी मंडलायुक्तों को संबंधित जनपदों में विकास व निर्माण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए उन्होंने समी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने जनपद के कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से अधिक प्रमावित जनपदों आगरा मेरठ फिरोजाबाद मुरादाबाद गौतमबुद्दनगर बुलंदशहर अलीगढ़ गाजियाबाद कानपुर नगर बस्ती और झांसी में प्रोफेसर स्तर के वरिष्ठ तथा अनुमवी विशेषज्ञ को भेजने के निर्देश दिए हैं यह विशेषज्ञ स्थानीय चिकित्सा टीम को कोविड नाइन्टीन के उपचार संबंधी उचित परामर्श और सहयोग प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री ने इन जनपदों में प्रमुख सचिव अथवा सचिव स्तर के अधिकारियों को भी नामित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी हाल में भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य पूरी क्षमता के साथ खतरनाक नोवेल कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है उन्होंने कहा कि हर स्तर पर वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास के तहत ही प्रत्येक जिले में ऐसी मशीनें लगाई गई हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन मशीनों के जरिये संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच के नतीजे एक घंटे के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं प्रत्येक मशीन एक दिन में बीस से पच्चीस नमूनों की जांच करने में सक्षम है प्रदेश के हर जिले में लगी टू नेट मशीनों से गैर कोविड मशीनों की आपातकालीन चिकित्सा में आसानी होगी और इनकी मदद से एएनसी प्री सर्जिकल और सीवियर एक्यूट रैस्पिरेट्री इन्फेक्शन सारी के मामलों की जांच अब सभी जिलों में हो पाना संभव हो जायेगा कोरोना की जांच न होने की स्थिति में इन मशीनों के जरिये ट्यूबरकोलोसिस की जांच भी की जा सकेगी

वित्तमंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की चालीसवीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि जुलाई दो हजार सत्रह से जनवरी दो हजार बीस के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना पांच सौ रूपये होगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो निर्णय लिए गए पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी परिषद ने फरवरी मार्च और अप्रैल दो हजार बीस की जीएसटी रिटर्न के लिए व्याज दर नौ प्रतिशत कर दी है छोटे करदाता तीस सितंबर दो हजार बीस तक रिटर्न भर सकते हैं

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए देश में कोविड नाइन्टीन मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और उन्वास दशमतव चार सात प्रतिशत पर पहुंच गई है अब तक एक लाख सैंतालीस हजार एक सौ चौरानबे लोग ठीक हो चुके हैं जबकि एक लाख इकतालीस हजार आठ सौ बयालीस लोगों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घटों के दौरान छह हजार से अधिक रोगी ठीक हुए हैं संक्रमित लोगों की संख्या दोगुने होने की दर लॉकडाउन के शुरू में तीन दशमलव चार दिन से बढ़कर सत्रह दशमलव चार दिन हो गई है

तीन सौ सत्रह लोगों को बीमारी से स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी जिससे राज्य में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने वाले लोगों की संख्या सात हजार छह सौ नौ पहुंच गयी है बीस लोगों की मृत्यु भी हुई है अब तक कुल तीन सौ पैंसठ लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं प्रदेश में इस समय चार हजार छह सौ बयालीस मरीजों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किए गए कल शाम तीन बजे तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक छिहत्तर मरीज गौतमबुद्दनगर जिले में मिले यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर तीन सौ उन्यासी हो गयी है आगरा जिले में दस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके साथ ही पहली बार किसी जिले में रोगियों की संख्या एक हजार के पार हुई है जिले में कुल रोगी एक हजार नौ हैं राहत की बात यह है कि इनमें से आठ सौ तेईस लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं जिले में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ छब्बीस है कानपुर नगर जिले में कल बत्तीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो सौ सड़सठ हो गयी है बुलंदशहर में इकत्तीस और मथुरा में तीस नए मरीज मिले हैं गाजियाबाद में सत्ताईस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके अलावा बिजनौर में चौबीस जौनपुर में तेईस फिरोजाबाद में बाइस बरेली बाराबंकी में उन्नीस उन्नीस हमीरपुर में अट्गरह लखनऊ में पंद्रह मैनपुरी में तेरह और चित्रकूट में दस लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आई एम ए के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं सैनिटाइजर साथ लेकर जायें जिस भी जगह को षुएं उसको सैनिटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में उससे कोइये या फ्रिर अपने हाथ में ग्लब्स डालकर जाइये साथ में कोई थैला या टोकरी लेकर जाइये जिसमें सब्जी डलवा लें ताकि घर आकर उसको पानी में डालकर उसको अच्छी तरह से धो सकें भारत के पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोरोना से बचाव के लिए सभी को घर में ही रहने की सलाह दी है इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें इसे एक मौका समझें अपनी छैमिली के साथ वक्त बिताने का आप अपने आपको हमारे समाज को हमारे देस को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर एक समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह भिले उनका हम ध्यान रखें और वो कोई सर्मिदगी महसूस न करें कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम जीत सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करके

वह लगभग सत्तर वर्ष के थे और लम्बे समय से बीमार चल रहे थे श्री यादव सात बार क्विायक दो बार सांसद और तीन बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे वह पहली बार उन्नीस सौ पच्चासी में जौनपुर जिले के बरसठी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी श्री यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

उन्होंने बताया कि इन दोनों चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रूपए का भुगतान बकाया है आयुष मंत्रालय ने माई लाईफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा में प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि इक्कीस जून तक बढ़ा दी है आयुष मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि योग करने वाले लोगों की मांग पर अंतिम तिथि बढ़ाई गई है